बैठक में मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना लागू करने सहित अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिये जा सकते हैं समझा जाता है कि इस दौरान विधानसभा के मॉनसून सत्र के आयोजन को लेकर भी चर्चा की जाएगी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल शिमला में विभिन्न शिक्षक संघों के साथ बैठक की इस दौरान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध है और शिक्षक समुदाय के हित के लिये प्रयासरत है सुरेश भारद्वाज ने शिक्षक संघों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कुल्लू और हमीरपुर कॉलेज की रोवर्स व रेंजर्स यूनिट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सात दिवसीय कार्यशाला कल से कुल्लू के विकास खंड कार्यालय में आरंभ हुई उपायुक्त युनूस ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस कार्यशाला का उददेश्य प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निपटारा करने और इससे सजावटी वस्तुएं बनाने के बारे में लोगों को जानकारी देना है

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

ज़िला चुनाव अधिकारी व उपायुक्त यूनुस ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में बीती रात से ही रुक रुक कर भारी बारिश का क्रम जारी है बारिश से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कें बंद होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने मंडी अग्निकांड की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है शादी वाले घर में तड़के लगी आग बच्चे समेत दूल्हे के पांच रिश्तेदारों की मौत पंजाब केसरी का शीर्षक है रिसेप्शन से पहले घर में आग दुल्हे के ताया ताई समेत पांच की मौत दैनिक जागरण के शब्द हैं नेरचौक में हुए हादसे से मातम में बदली खुशियां मैजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिव्य हिमाचल लिखता है नेरचौक में शादी के लिये सजा घर सुलगा बच्चे समेत पांच की मौत दैनिक भास्कर की खबर है शॉटसर्किट से घर में लगी आग दम घुटने से पांच लोगों की मौत जबकि हिमाचल दस्तक के मुताबिक नेरचौक में भीषण अग्निकांड सीएम ने घर जाकर दी सांत्वना हिमाचल के नींबू पानी को मिला ए प्लस ग्रेड शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है भारतीय रेलवे को पसंद आया स्वाद जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है रेलवे को भाया एचपीएमसी का नींबू पानी दिया ए प्लस ग्रेड पंजाब केसरी की एक खबर है स्पीति घाटी में तीन स्थानों पर बादल फटने से भारी न्रकसान जबकि दिव्य हिमाचल के अनुसार ताबो ककिर नाला के साथ सुमलिंग में बाढ़ सड़कें अवरुद्ध कई पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त

कैबिनेट बैठक आज अस्थाई शिक्षकों और स्वास्थ्य बीमा पर हो सकता है फैसला अमर उजाला की सुर्खी है जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय व मॉनसून सत्र पर आज कैबिनेट में होगी चर्चा घटिया दाल सप्लाई करने वाले चार डिपू बंद करने के आदेश शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सोलन डिस्ट्रिक्ट फैडरेशन के डिप्रओं पर गिरी गाज

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय नेरचौक की द्ःखद घटना में लिखता है कि इमारतों के नक्शों की मंजूरी के साथ ये नत्थी हो कि हर तरह की आपदा से निपटने के लिये निकासी और बचाव के रास्ते कौन कौन से रहेंगे दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय में लिखता है कि हादसों से सबक न लेकर नदी नालों में मस्ती के लिये उतरना समझदारी नहीं है शीर्षक है सम्भलें पर्यटक हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय बाबुओं को हिन्दी के प्रयोग से परहेज क्यों पर टिप्पणी की है